राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज सोनभद्र के चपकी में वनवासी समागम कार्यक्रम में होंगे शामिल मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का करेंगे दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण का आज अंतिम दिन सिद्दार्थनगर ज़िले में कल से तीन दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव हुआ शुरू

लखनऊ के लोकभवन में आयोजित इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास में किया जा रहा है उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जाति क्षेत्र और मजहब के आधार पर नियुक्तियां दी जाती थीं लेकिन आज सभी चयन आयोगों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अम्यर्थियों का चयन हो रहा है उन्होंने नवचयनित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में जो प्रयास शुरू हुए हैं उनमें वे अपनी सहभागिता से अहम भूमिका निभाएंगे

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चपकी के सेवा कुंज आश्रम से बहुत पुराना रिस्ता है और यह आश्रम लगमग दो दशक से ज्यादा क्त से इताके के आदिवासियों की संस्कृति को संजोने और उनके सामाजिक विकास के लिए काम कर रहा है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार रेषुकूट सोनमद्र इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के तीन दिवसीय अपने दौरे के पहले दिन कल दोपहर वाराणसी पहुंचे वाराणसी पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने सपरिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की इसके बाद राष्ट्रपति दशाश्वमेघ घाट पर विश्व प्रसिद्व मां गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे कल सोमवार को राष्ट्रपति मीडिया हाऊस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र समारोह में शामिल होंगे

वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्वस्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्वति को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है

इस वर्ष कार्यक्रम का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो विद्यार्थियों के लिए तनावमुक्त वातावरण का निर्माण करता है इसमें हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी सरकारी वेबसाइट माई गोव पर इन्नोवेटी इण्डिया डॉट माई जी को वी डॉट इन में पंजीकरण करा सकते हैं कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री श्री मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे बलिया जिले के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह कल कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में विश्विद्यालय प्रांगड़ में सम्पन्न हुआ इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आज देश में संचार क्रांति के साथ साथ संस्कार क्रांति भी आवश्यक है प्राचीन चिंतन परंपरा का समावेश कर शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में बेटियों की संख्या अधिक है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सार्थकता को सिद्व करती है विद्यार्थियों को तमाम सकारात्मक संदेश देते हुए उन्होंने कहा की दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है सफलता की सीढ़ी कठिन परिश्रम से ही बनती है इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाकर कार्य करें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोकल्पलता पांडेय ने अतिथियों का स्वागत करने के बाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की पचहत्तरवी वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के छह स्थानों में कल वर्चअल माध्यम से उद्घाटन किया यह छह स्थान हैं जम्मू इम्फाल पटना भुवनेश्वर पुणे और बेंगलुरू नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे लोक प्रसार कार्यालय के प्रधान महानिदेशक सत्येन्द्र प्रकाश पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे

महोत्सव की थीम काला नमक चावल रखी गई है इस महोत्सव में प्रदेश सरकार के एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्दार्थनगर जिले में उत्पादित किये जाने वाले काला नमक चावल के प्रचार प्रसार पर काफी बल दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से कपिलवस्तु महोत्सव का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काला नमक चावल की खुशबू सिद्दार्थनगर से निकलकर देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दो हजार अट्ठारह में यहां के काला नमक चावल को ओडीओपी योजना में शामिल कर इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है काता नमक चावल जिसकी खुशबू जनपद सिद्धार्थनगर से निकलकर देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है

मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली कोसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेन्द्र देव कृषि और प्रौचागिकी विस्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है और आज तमाम कृषि विज्ञान केन्द्र भी काला नमक चावल के क्षेत्र में नए शोष को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के पहले सिद्वार्थनगर और उसके आस पास बाईस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में काला नमक चावल की फसल होती थी दो हजार सत्रह तक इसका उत्पादन काफी कम हो गया था लेकिन इसे ओडीओपी योजना में शामिल करने के बाद अकेले सिद्वार्थनगर में पांच हजार हेक्टेयर में काला नमक चावल की खेती हो रही है और किसान इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत सिद्वार्थनगर में काला नमक चावल के भण्डारण के लिए छह करोड़ की लागत से वातान्कूलित भण्डारण केन्द्र बनने जा रहा है कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काला नमक चावल को ओडीओपी योजना में शामिल करके इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दी है